प्रदेश में गणेश चतुर्थी का पर्व आज परम्परागत हर्षोल्लास और ध्रमधाम से मनाया जा रहा है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेशवासियों को दी श्रभकामनाएं

गौरतलब है कि भारत पाकिस्तान से पिछले तीन सालों से कलभुषण जाधव से राजनयिक संपर्क की अनुमति मांग रहा था भारत ने ये मामला अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के समक्ष उठाया था और न्यायालय ने सर्वसम्मति से भारत के पक्ष में फैसला दिया था एजेंसी के अनुसार भारतीय पक्ष को उम्मीद है कि यह मुलाकात पूरी तरह से अंतरराष्ट्रीय अदालत के आदेशों के ॅ अनुरूप स्वतंत्र निष्पक्ष और प्रभावी रहेगी

यह सम्मेलन भूमि को फिर से उपजाऊ बनाने और मानव स्वास्थ्य की रक्षा करने के उद्देश्य से विभिन्न देशों के लिए एक ऐसा ढांचा भी तैयार करेगा जिसमें बेहतर भूमि प्रबंधन के दीर्घकालीन समाधान उपलब्ध होंगे इस सम्मेलन में भविष्य के लिए आवश्यक कार्रवाई और संसाधन जुटाने के लगभग तीस फैसलो पर आपसी सहमति बनाने की आशा है पर्यावरण वन और जलवायू परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावडेकर ने मरुस्थलीकरण से निपटने के देश के संकल्प का उल्लेख करते हुए हाल में कहा था कि यह समस्या पूरे विश्व की है और भारत इससे निपटने के प्रयासों का नेतत्व करेगा

यह संख्या पिछले वर्ष की तुलना में चार प्रतिशत अधिक है

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अनुसार इसके बाद लैंडर विक्रम चंद्रमा की सतह की ओर बढ़ने लगेगा और ऑर्बिटर चंद्रमा की परिक्रमा करता रहेगा

ऑर्बिटर तय योजना के अनुसार एक वर्ष तक अपनी कक्षा में रहेगा

यह अभियान पूरा होने के बाद भारत चन्द्रमा की सतह पर उतरने वाले चार देशों के समूह में शामिल हो जायेगा

श्री खाचरियावास ने कल जयपुर में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि देश में ये एक्ट लागू हो गया है लेकिन इसमें शामिल जुर्माना राशि को कम करने का राज्य सरकार के पास अधिकार है इसके तहत इसमें क्छ कमी की जायेगी उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य है कि प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं पर रोक लगे

घरों और मंदिरों में पूजा अर्चना का सिलसिला तड़के से ही शुरू हो गया लोगों ने घरों में गणेश प्रतिमा की स्थापना की वहीं मंदिरों में भगवान गणेश प्रतिमा का आकर्षक शुंगार किया तथा मंदिर में विशेष सजावट भी की गई राजधानी जयपुर में प्रसिद्ध मोती डूंगरी गणेश मंदिर में भगवान गजानन की प्रतिमा को स्वर्ण मुकृट धारण कराकर चांदी के सिंहासन पर विराजमान किया गया मंदिर में तड़के करीब साढ़े तीन बजे से ही दर्शनों का सिलिसला शुरु हो गया सुबह से ही भक्तों की लम्बी कतारे नजर आ रही है इस मौके पर यातायात व्यवस्था को बनाये रखने के लिए पुलिस ने मार्ग बदलकर तथा अतिरिक्त पुलिसकर्मी तैनात कर विशेष इंतजाम किये है कल मोतीडुंगरी गणेश मंदिर से गणपति की शोभायात्रा निकाली जायेगी जो गढ़ गणेश मंदिर पहुंचकर समाप्त होगी इसी तरह राज्य के अन्य स्थानों पर गणेश चतुर्थी धूमधाम से मनाई जा रही है सवाईमाधोपुर के रणथम्भौर में चल रहे त्रिनेत्र गणेश मेले में बडी संख्या में श्रद्वाल पहुंच रहे है हमारे संवाददाता ने बताया कि आज दोपहर में लगने वाली गणेश जी के जन्म को झांकी लोगों के विशेष आकर्षण का केन्द्र रहेगी

राजस्थान प्रदेश खाद्य व्यापार संघ जयपुर के आहवान पर प्रदेश की सभी मंडियों में हड़ताल की घोषणा की गई है हडताल के दौरान व्यापारी कामकाज नहीं करेंगे व्यापारी सरकार की ओर से घोषित नीतियों का विरोध जता रहे हैं

दल में शामिल अधिकारी अतिवृष्टि से हुए नुकसान का जायजा लेंगे

राज्य में अब तक सामान्य से अधिक वर्षा हो चूकी है

जयपुर शहर में बीसलपुर से पीने के पानी की आपूर्ति बढाई गई है